मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा जिले के जावर और पुनासा में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रदेश में कल से शुरू हुआ यातायात जागरूकता और सड़क सुरक्षा सप्ताह मौसम विभाग ने आज रीवा सागर शहडोल ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में बारिश की संभावना जताई शिक्षक दिवस आज शिक्षक दिवस है शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस मौके पर शिक्षकों का सम्मान किया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाईयां और शुभकामनाएं दी है

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी राज्यपाल कार्यक्रम में इस वर्ष के राज्य स्तर पर चयनित शिक्षकों को सम्मानित करेंगी कार्यक्रम में पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत प्रदेश के शिक्षकों का सम्मान भी किया जायेगा

ब्याज अनुदान भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त किसी भी वित्तीय संस्था से आवास ऋण लेने पर मिलेगा

मुमि प्जन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से सात सितम्बर तक नर्मदा घाटी के अंतर्गत नौ सिंचाई योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री आज खंडवा जिले के जावर और पुनासा में सात हजार पैंतीस करोड़ से अधिक रूपये की विभिन्न सिंचाई परियोजना का शुभारंभ करेंगे तुलनात्मक रूप से कम समय और कम लागत में पूरी होने वाली इन माइक्रो ॅलिफ्ट सिंचाई योजनाओं से दो लाख पचास हजार सात सौ इक्यासी हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को लाभ होगा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने घाटी में सिंचाई विस्तार के लिये बांध जलाशय और नहरों के निर्माण की परम्परागत प्रक्रिया का नया और कारगर विकल्प माईक्रो लिफ्ट सिंचाई के रूप में विकसित किया है इसके अंतर्गत पूर्व निर्मित बांध जलाशयों नहरों और नर्मदा से जल ले जाकर घाटी के ऐसे अंचलों में पहुंचाया जायेगा जहां नहर सिंचाई संभव नही है वीडियो कान्फ्रेंस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल समाधान ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंस में कलेक्टरों से कहा है कि समस्याओं के समाधान सकारात्मक दृष्टिकोण से करें संवेदनाओं के साथ न्याय संगत निराकरण सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस में स्वयं आवेदकों को सुना और उनकी समस्याओं का निराकरण किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालन में उत्कृष्ट कार्य किया गया है प्रदेश ने जुलाई अगस्त माह के दौरान दो लाख आवास निर्माण पूर्ण कर प्रदेश ने नया कीर्तिमान बनाते हुये देश में पहला स्थान पाया है

श्री चौहान कल रोशनपुरा चौराहा पहुंचे और अभियान का औपचारिक शुभारंभ करने के बाद उन्होंने चौराहे पर खेड़े होकर उने सभी मोटर सायकल सवार नागरिकों का सम्मान किया जिन्होंने हेलमेट लगाया था और उसी तरह सीट बेल्ट लगाने वाले कार चालकों को भी सम्मानित किया उन्होंने हेलमेट नहीं पहनने वाले और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार चालकों को समझाइश दी और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला सड़क सुरक्षा के तहत कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने स्थानीय कलेक्टर कार्यालय से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिले में चार से ग्यारह सितंबर तक यातायात जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जायेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों से सतर्क रहने और हालात पर नजर रखने को कहा है गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार कोई भी रैली जुलूस शोभा यात्रा धरना प्रदर्शन सार्वजनिक सभा आदि प्रतिबंधित रहेंगे सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेश का आदान प्रदान नहीं किया जायेगा जिससे किसी भी धर्म संप्रदाय या जाति विशेष की भावनाएं आहत हो वहीं भिंड जिले में भी प्रशासन चौकस हो गया है जिले के अटेर भिंड गोहद मैहगॉव और लाहार में आवश्यकतानुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है

यह आदेश सात सितंबर की दोपहर तक प्रभावशील रहेगा चिकित्सक महापंचायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मुख्यमंत्री निवास में गैर ऐलोपैथिक चिकित्सकों की मध्यप्रदेश निजि चिकित्सक महापंचायत को संबोधित करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से उनके लिये दो वर्षीय डिप्लोमा और एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की साथ ही जन स्वास्थ्य संवर्धन बोर्ड बनाने एवं स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित करने की भी घोषणा की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन स्वास्थ्य संवर्धन बोर्ड गैर ऐलोपैथिक चिकित्सकों की समस्याओं का समाधान करेगा उन्होने कहा कि उन्हें ऐलोपैथी पर्चा लिखने के लिये अधिकृत करने पर भी विचार किया जायेगा श्री चौहान ने कहा कि नया मध्यप्रदेश बनाने में गैर एलोपैथिक चिकित्सकों का योगदान महत्वपूर्ण है मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का दौर जारी है

हमारे नीमच संवाददाता ने बताया कि जिले में अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं वहीं देवास जिले में भी रूक रूककर बारिश हो रही है